कपोषण नियंत्रण के लिये सितंबर महीना देशमर में राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा

यह महाअभियान सभी राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों में जारी रहेगा मतदाता ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से सत्यापन कर सकता है इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार के किसी भी एक मतदाता को यूजर नेम और पासवर्ड दिया जायेगा वह मतदाता पंजीकरण से संबंधित सभी दस्तावेज अपलोड कर अपने और अपने परिवार के सदस्यों का विवरण भर सकेगा इन विवरणों का सत्यापन ब्लॉक लेवल अधिकारी करेंगे अंतिम मतदाता सूची अगले वर्ष जनवरी के पहले या द्सरे सप्ताह में जारी होगी वोटर सत्यापन कार्यक्रम प्रदेश की मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने लोगों से सबसे बड़े मतदाता सत्यापन अभियान से जूड़ने की अपील की हैं

इस अभियान में लॉजिकल और डुप्लीकेट त्रुटियां भी दूर की जाएगी

इसके बाद अपने नाम जन्मतिथि लिंग संबंध या संबंधी का नाम पता और फोटो का सत्यापन करना होगा मुख्य निवार्चन अधिकारी ने बताया कि भारतीय पासपोर्ट ड्राइविंग लाईसेंस आधार कार्ड शासकीय अशासकीय कार्मिकों का पहचान पत्र बैंक पासब्रक किसान पहचान पत्र पैन कार्ड एनपीआर के अंतर्गत आरजीआई द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड नवीनतम पानीटेलीफोनबिजली या गैस कनैक्शन के बिल आदि में से कोई भी एक पहचान दस्तावेज अपलोड कर सकते हैं बीएलओ से व्यक्तिगत सम्पर्क भी किया जा सकता है एक साथ रहने वाले परिवार को एक ही मतदेय स्थल पर रखा जाएगा

वोटर हेल्पलाईन मोबाइल एप का उपयोग भी किया जा सकता है और मतदाता सुविधा केंद्र भी बनाए गए हैं मोटर वाहन अधिनियम मोटर वाहन अधिनियम के संशोधित प्रावधान आधी रात से लागू हो गये हैं इसके तहत यातायात नियमों के उल्लंघन पर आर्थिक दंड बढ़ाया गया है लालबत्ती का उल्लंघन करने पर आर्थिक दंड एक हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये कर दिया गया है सीट बेल्ट के बिना वाहन चलाने पर अब सौ रुपये की जगह एक हजार रुपये भरने होंगे लापरवाही से तेज गाड़ी चलाने पर एक हजार की जगह पांच हजार रुपये का दंड भरना होगा

बिना लाइसेंस ड्राइविंग पर पांच हजार रुपये का जुर्माना लगेगा बीमा की प्रति के बिना वाहन चलाने पर दो हजार रुपये भरने होंगे किशोर के गाड़ी चलाने पर उसके अभिभावक और वाहन के मालिक को दोषी माना जाएगा

हेलमैट के बगैर दोपहिया वाहन चलाने पर पहली बार पांच सौ रुपये और दोबारा ऐसा करने पर डेढ़ हजार रुपये का आर्थिक दंड देना होगा और दपहिया वाहन पर तीन सवारी ले जाने पर सौ रुपये की जगह पांच सौ रुपये भरने होंगे वन्यजीव बोर्ड प्रदेश में लालढांग चिल्लरखाल सड़क के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी गई है अब यह प्रस्ताव नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड को भेजा जाएगा देहरादून में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आयोजित राज्य वन्य जीव बोर्ड की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये नन्दौर और सुरई को क्षेत्रीय जनता की मांग पर बफर जोन न बनाये जाने का फैसला लिया गया बैठक में मानव वन्य जीव संघर्ष से ग्रसित गांवों में वॉलेंट्री विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के गठन संरक्षित क्षेत्रों के अन्दर और निकट के गांवों में ईको डेवलपमेंट कार्यक्रम को पंचायतों के माध्यम से संचालित कराये जाने राज्य में कस्तूरी मृग और राज्य पक्षी मोनाल के संरक्षण मत्स्य संरक्षण व पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए एंगलिंग की अनुमति प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया

डेंगू हल्द्वानी हल्द्वानी मे डेंगू के लक्षण बचाव और सावधानी के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए आशा कार्यकत्री और एएनएम कल से घर घर जाएंगी आशा कार्यकत्री और एएनएम लोगों के घरों के कूलरों और पानी की टंकियों की जांच करेंगीं साथ ही टायरों दूटे बर्तनों में जमा पानी में पनपने वाले लार्वा के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जाएगी आपको बता दें कि तेज बुखार आना सिर में दर्द होना आंखों में तेज दर्द और जलन मांसपेशियों और जोड़ों में असहनीय दर्द छाती और बाहों पर लाल चकत्ते पड़ना डेंगू के लक्ष्ण हो सकते हैं एलाइजा जांच के माध्यम से डेंगू की पुष्टि की जाती है वर्तमान मे वायरल बुखार भी चल रहा है और कभी कभी लोग इसे डेंगू समझ लेते हैं लिहाजा डेंगू की पुष्टि के लिए जांच जरूरी है पोषण माह आज से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जाएगा पूरे सितम्बर महीने चलने वाले इस अभियान का इस वर्ष का विषय है पूरक आहार

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पिछले सप्ताह मन की बात में कुपोषण का उल्लेख करते हुए कहा था कि जागरूकता के अभाव में निर्धन और संपन्न परिवार कुपोषण के शिकॉर होते हैं इससे पहले महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं सहित सभी पक्षों से प्रत्येक घर तक पहुंचकर पांच मंत्रों का संदेश देने कि अपील की थी इन मंत्रों में शिशु के पहले एक हजार दिनों का महत्व रक्त की कमी और डायरिया की रोकथाम किये जाने का उल्लेख किया गया है

उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगतसिंह कोश्यारी को महाराष्ट्र का नया राज्यपाल नियुक्त किया गया है मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने श्री कोश्यारी को महाराष्ट्र का राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर हार्दिक बधाई दी है उन्होंने कहा कि श्री कोश्यारी एक वरिष्ठ और अनुमवी राजनेता हैं जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है

इस दौरान सांसद अजय भट्ट ने कहा कि शहीद राज्य आंदोलनकारियों के बलिदान के फलस्वरूप ही हमें उत्तराखण्ड राज्य मिला है उन्होंने कहा कि हमें शहीदों के सपनों के अनुरूप ही उत्तराखण्ड राज्य का विकास करना है वहीं मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने देहरादून भें उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान खटीमा गोलीकांड के शहीदों को श्रद्दांजलि दी

केदारनाथ में गुफा केदारनाथ में रुद्र ध्यान नामक गुफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बाद पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बन गई है

गौरतलब है कि इस साल मई में प्रधानमंत्री मोदी ने केदारनाथ धाम से महज एक किलोमीटर दूर रुद्र गुफा में एक दिन ध्यान लगाकर बिताया था इस गुफा का प्रबंधन गढ़वाल मंडल विकास निगम के जिम्मे है पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में पर्यटन के ब्रांड एंबैसडर हैं वे जहां जाते हैं लोगों का ध्यान खींचते हैं रुद्र गुफा में पर्यटकों की भीड़ जुटना पर्यटन के लिए बहुत बड़ी बात है

इस गुफा में आगंतुकों के लिए बिजली पानी की व्यवस्था है और इसके भीतर बाथरूम और हीटर भी है